स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बीच कल भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में करार पर हस्ताक्षर हुए इसके अंतर्गत आरोग्यम हेल्थ और वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जायेगा

प्रत्येक जिले में पांच पांच वेलनेस सेंटर ट्रस्ट के तकनीकी और प्रबंकीय सहयोग से काम करेंगे चौथे वर्ष में ट्रस्ट पांच सौ और केन्द्र स्थापित करेगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है श्री नाथ ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा का लाभ सभी लोगों तक पहुॅचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कौशल योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण जल्द शुरू किया जायेगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सरकार ने इस योजना को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का फैसला किया है

इन परीक्षाओं के लिए नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों को प्रवेष पत्र जारी किए जा चुके हैं इंदौर स्थित आंचलिक कार्यालय के संभागीय अधिकारी देवेन सोनवानी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों के नाम माध्यम या विषय में ऑनलाइन संषोधन किए गए हैं अथवा जिन्होंने विलंब पुल्क के साथ आवेदन किए हैं वे सभी एमपी ऑनलाईन पोर्टल से अपना प्रवेष पत्र प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा वे सभी विद्यार्थी जिनके पास मूल प्रवेष पत्र उपलब्ध नहीं है वे भी ऑनलाईन प्रवेष पत्र के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवा पीढ़ी की बौद्दक क्षमता का उपयोग समाज और देशहित में करने पर जोर दिया है उन्होंने कल भोपाल में कुर्मी क्षत्रिय समाज के अखिल भारतीय युवा परिचय सम्मेलन में कहा कि युवाशक्ति ही देश को सुरक्षित रखने और समृद्ध बनाने में सक्षम है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार घोषणाओं की बजाय काम करने पर जोर दे रही है

श्री नाथ वास्तव में जनता की अपेक्षाएं पूरी होने पर ही उनको खुशी होगी

इस समय भी राज्य में कई उत्सवों की तैयारी चल रही है राज्य में खजुराहों महोत्सव हाल ही में सम्पन्न हुआ है वहीं आज से बैतूल जिले के मुलताई में तीन दिवसीय ताप्ती महोत्सव शुरू होगा लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री सुखदेव पासे इसका शुभारंभ करेंगे पहली शाम अप्पानाथ कर्के मांगडियार गायन और कालबेलिक्ष नृत्य के साथ होगी इसके अलावा लावणी नृत्य कबीर गायन बघेली लोक गायन और भक्ति संगीत की प्रस्तुति होगी

इसकी शुरूआत भगवान श्रीराम के अयोध्या से ओरछा आगमन की कथा से होगी इस ऐतिहासिक गाथा को थ्रीडी मैपिंग से जहांगीर महल की दीवारों पर दिखाया जायेगा किसान ऐप इंदौर के कृषि विभाग ने जिले के किसानों के लिए शुभ लाभ एप्लिकेशन विकसित की है अब किसान अपने मोबाइल पर खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर उसकी संपूर्ण कृण्डली प्राप्त कर सकते हैं

कृषि विभाग का षुभ लाभ एप किसानों को न केवल उनके खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बताएगा बल्कि उन्हें मौसम के अनुसार फसल उत्पादन की तकनीकी जानकारी भी देगा मुदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी भी किसानों को मिलेगी इस एप के माध्यम से जिले के किसानों को फसल प्रबंधन के साथ साथ उत्पादन लागत कम करने में भी सहायता मिलेगी

उन्होंने कल भोपाल में कहा कि देश में जब जब भी संकट की घड़ी आई है तब तब कांग्रेस ने अपनी राजनीति बढ़ाने की कोशिश की है श्री शर्मा ने कहा कि दिल्ली में शांति और सद्भाव कायम करने की जरूरत है और कांग्रेस के नेताओं को भड़काने वाली टिप्पणी से बाज आना चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश और उसके जोड़ीदार राज्य मणिपूर में परस्पर भाषा और संस्कृति का ज्ञान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है

जिसमें उनके उद्बोधन के साथ गांधी की प्रार्थना गीत और भजन भी समाहित होंगे

जहां वे जिला न्यायालय में न्यायिक प्रकिया को देखेंगे और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जायेंगे